श्री मोदी ने वर्तमान वन्यजीव सप्ताह के मौके पर देश के नाम अपने संदेश में कहा कि हमारे पावन संविधान में भी वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण को हर भारतीय के मौलिक दायित्वों के रूप में शामिल करते हुए इस दर्शन को जगह दी गयी है उन्होंने कहा कि भारत में एशियाटिक शेरों की सबसे ज्यादा संख्या है और द्रनिया में बाघों की सबसे ज्यादा विविधता भी हमारे देश में है प्रधानमंत्री ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास के नतीजे आने लगे हैं उन्होंने कहा कि देश में बाघों की संख्या दुगुनी करने का लक्ष्य सफलतापूर्वक समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है

राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अन्सार राज्यपाल पांच दिनों के लिए होम क्वारेंटिन में है

श्री मिश्रा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य के विकास से ज्ड़े विभिन्न म्द्दों पर चर्चा की

राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्सार लोंगडिंग जिले के कानूबारी के रहने वाले जल विद्य्त विभाग के ज्नियर इंजीनियर की जिला कोविड अस्पताल चिंपू में मौत हो गई राज्य में मंगलवार को कोविड संक्रमण के दो सौ बाईस मामले दर्ज किए गए और एक सौ नवासी रोगियों को स्वस्थ होने के बाद छ्ट्टी दे दी गई प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या तीन हजार बाईस है और अब तक सात हजार नौ सौ तिरसठ व्यक्ति स्वस्थ हो च्के हैं मंगलवार को दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से नब्बे चांगलांग जिले से अड्डाईस वेस्ट सियांग से तेईस ईस्ट सियांग और तिरप जिले से सोलह सोलह मामले दर्ज किए गए

जिला उपायुक्त मिताली नामच्म ने कहा कि कोविड फंड के खर्च के विवरण की जांच के बाद से यह स्पष्ट हो गया कि इसके द्रुपयोग को लेकर लगाया गया आरोप निराधार हैं इस बैठक का बायकाट करते हुए आर टी आई कार्यकर्ता विजय पर्टिन ने तीसरे पक्ष से कोविड खर्च का ऑडिट कराने की मांग की बैठक के दौरान जिला उपाय्क्त के अलावा सभी स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस म्द्दे पर अपना विचार रखा

उन्होंने कहा कि आधारभूत स्विधाओं के विकास से राज्य में कृषि बागवानी और पश्पालन क्षेत्र में लगे लोगों को कृषि उत्पादों के विपणन में स्विधा मिलेगी और उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी